इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और सभी सरकारी कार्यालयों में सरकारी कार्य हिंदी भाषा में सुनिश्चित बनाया जा रहा है जयराम ठाकुर ने कहा कि हिंदी शब्दावली से अधिकारियों और कर्मचारियों को परिचित करवाने के उद्देश्य से भाषा व संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न पुस्तकों व शब्द कोष का प्रकाशन किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कठिन शब्दों का सरल शब्दों में अनुवाद किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिंदी के आधार को सुदृढ़ करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये भाषा बच्चों और युवाओं में लोकप्रिय बन सकें जयराम ठाकुर ने बताया कि अधिकारियों व कर्मचारियों के अपनी सेवाओं के दौरान हिन्दी भाषा को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा पुरस्कार और हिंदी लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि सरकार प्रदेश के हर व्यक्ति तक सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है शिमला में आज पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं जिनका लाभ प्रदेश के लाखों लोगों तक पहुंच रहा है

इससे पहले आज उन्होंने आईजीएमसी में स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की इस मौके स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आईजीएमसी में अगले वर्ष किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू की जाएगी और इसके लिए जरूरी अधोसंरचना उपकरण और मैडिकल व पैरा मैडिकल स्टॉफ की व्यवस्था की जा रही है विपिन परमार ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य संस्थानों के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाएगी स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के सराय भवन की जल्द मुरम्मत करने के निर्देश दिए ताकि तीमारदारों को ठहरने की सुविधा मिल सके विपिन परमार ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मामलों पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया सुरेश भारद्वाज प्रदेश सरकार योग विषय को प्रमुखता देने के लिए हरंसभव प्रयास कर रही है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में परमाहंस योगानंद द्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तकों की प्रदर्शनी के उद्घाटन अवसर पर आज ये बात कही उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान और पुरातन ऋषि परम्परा के फलखरूप भारत पूरे विश्व में अपना वर्चस्व कायम कर रहा है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से स्थानीय लोगों सहित देश विदेश के पर्यटक परमाहंस योगानंद की शिक्षाओं दर्शनशास्त्र और ज्ञान को आत्मसात कर लाभान्वित होंगे

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज पलहोड़ी में जनसमस्याएं सुनने के बाद एक जनसभा में बताया कि इसे मंजूरी के लिए जल्द ही सरकार को भेजा जाएगा

उन्होंने बताया कि गिरी नदी से प्रस्तावित इस प्रोजैक्ट के लिए तीन बोरवैल बनाए जाएंगे भाजपा बैठक शिमला जिला भाजपा कार्यसमिति की एक बैठक आज शिमला में हुई जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सुद ने की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव और अन्य महत्वपूर्ण मुददों पर चर्चा की गई इस मौके प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा ने कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार है और प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित की जाएगी सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले साढ़े चार वर्षो में देश को विश्व में नई उंचाईयों पर लाया है उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्र से लेकर ब्रथ स्तर तक योजनाओं पर काम कर रही है वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार का जनमंच कार्यक्रम लोगों की समस्याओं का समाधान करने का एक बेहद सराहनीय कदम है बैठक में महासचिव चंद्रमोहन ठाकुर सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने कहा है कि प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त राशन उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दे रही है शिमला में उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले खाद्यान्नों की आपूर्ति की समीक्षा बैठक में आज उन्होंने ये बात कही किशन कपूर ने कहा कि खाद्य तेल की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं और जल्द ही उपभोक्ताओं को तेल सहित लेवी चीनी की भी आपूर्ति की जाएगी उन्होंने अधिकारियों को खाद्यान्न की उचित भंडारण व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए किशन कपूर ने कहा कि दालों की आपूर्ति को लेकर केन्द्र सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत हुई है और इसके लिए गठित समिति विभिन्न पहलुओं सहित गृणवत्ता की जांच भी सुनिश्चित करेगी उन्होंने कहा कि खाद्यान्न में किसी भी प्रकार की कमी को सहन नहीं किया जाएगा और कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यू आई डी ए आई ने विद्यालयों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार कार्ड के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश और अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए प्राधिकरण ने कहा है कि यह स्कूल की जिम्मेदारी है कि वह अपने छात्रों का आधार पंजीकरण कराये प्राधिकरण ने कहा है कि विद्यार्थियों का आधार कार्ड बनने तक उनकी पहचान वैकल्पिक माध्यमों से कर उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएं

मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई है जो किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है

जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति की गोंदला पंचायत के किसान प्रताप चंद इस योजना का लाभ लेकर बेमौसमी सब्जी सहित फूलों की खेती का बेहतर उत्पादन कर रहे हैं

संजीव सुंद्रियाल आकाशवाणी समाचार शिमला

इस मौके पर उद्योग मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगिण विकास के लिए खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन बेहद जरूरी है बिकम ठाकुर ने कहा कि खेल के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और विद्यार्थी इस क्षेत्र को अपनाकर भी अपना भविष्य उज्जल कर सकते हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा ढांचे को सुदृढ़ करने के साथ विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं और खेल प्रतियोगिताओं के दौरान बच्चों की डाईट व परिवहन व्यवस्था के लिए भी योजना बनाई जा रही है विधायक विनोद कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाचन क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए समुचित बजट का प्रावधान किया है पोषण अभियान केंद्र सरकार द्वारा चलाए गए पोषण अभियान का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सोलन में आज एक समीक्षा बैठक हुई इसकी अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त विनोद कुमार ने कहा कि पोषण के प्रति सभी को जागरूक करने की आवश्यकता है ताकि देश से कुपोषण को पूरी तरह खत्म किया जा सके उन्होंने अधिकारियों पंचायत प्रतिनिधियों और आशा कार्यकताओं को कार्यकम के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए दुर्घटना चंबा जिले के साहू बाजार में आज एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर दुकान के अंदर चली गई जिससे वहां बैठी एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि चार अन्य घायल हुए हैं मृतक महिला की पहचान युनुस वेगम गांव देहरी के रूप में की गई है घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना सदर चंबा का एक दल मौके पर पहुंचा और घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया इस द्र्घटना में एम्ब्लेंस चालक सहित महिला कर्मचारी को भी चोटें आई हैं

उन्होंने कहा कि भूकंप के कारण कहीं से भी जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है इस बीच स्थानीय लोगों ने प्रशासन से भूकंप के समय बचाव संबंधी उचित प्रबंध करने का आग्रह किया है